ऊर्जा मंत्री ने शहरों में शतप्रतिशत मीटर लगाने के निर्देश दिये

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संकट के दौर में प्रदेश सरकार जनता के साथ खड़ी है लॉकडाउन में गरीबों और मजदूरों को मुफत राशन बांटा गया है अगले तीन महिनों तक गरीबों को मुफ़त राशन सामग्री मुहैया कराई जायेगी उन्होंने कल आगरमालवा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को बड़ी संख्या में प्रदेश लाया गया है और उनके खाते में एक एक हजार रूपये की राशि जमा कराई गई है प्रवासी मजदूरों को अब प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है श्री चौहान ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सरकार ने किसानों से समर्थन मूल्य पर एक करोड़ उनतीस लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीदी कर देश में प्रथम स्थान पाया है गरीबों की मदद करने वाली संबल योजना भी फिर से शुरू की गई है

उन्होंने कहा कि फिर से सत्ता में आने के बाद सरकार गरीबों के कल्याण और प्रदेश के विकास के लिए तेजी से काम कर रही है

वहीं करीब साढ़े तेरह हजार लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं

तोमर गरीब कल्याण केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल गरीब कल्याण रोजगार अभियान की प्रगति के बारे में छह राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों और अधिकारियों के साथ वीडियो काफ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक की

श्री तोमर ने कहा कि सरकार की यह कोशिश है कि प्रवासी मजदूरों को उनके निवास स्थानों के पास ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए गरीब कल्याण रोजगार अभियान के जरिए न सिर्फ घरों को लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है बल्कि इससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत हई है स्वास्थ्य समीक्षा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कोरोना के मददेनजर अस्पतालों में सभी जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चत करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कल भोपाल में कार्यभार ग्रहण करने के बाद बैठक र्मे कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाये

ताकि संक्रमित लोगों के उपचार में आसानी हो

उन्होंने कल भोपाल में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रतिमाह मीटर रीडिंग करने और आंकलन के आधार पर बिल जारी न करने को भी कहा है श्री तोमर ने ट्रांसफॉर्मर और मीटर के बेहतर प्रबंधन करने के साथ ही बिजली की चोरी रोकने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित की जाये ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अच्छा काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया जायेगा वहीं काम में लापरवाही करने वाले दंडित होंगे

विद्यार्थियों को एसएमएस के जरिए उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर और ई मेल आईडी पर भी परिणाम भेजे जाएंगे

मंत्री पदभार राज्य सरकार के अधिकांश मंत्रियों ने विभाग वितरण के साथ ही अपना कामकाज संभाल लिया है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहलाल सिंह राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ऐदल सिंह कंसाना और इसी विभाग के राज्यमंत्री ब्रजेन्द्र सिंह यादव के अलावा सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री इन्द्ररसिंह परमार आयुष राज्यमंत्री रामकिशोर कांवरे और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री हरदीप सिंह डंग ने भी कल अपना कार्यभार संभाल लिया इन मंत्रियों ने अधिकारियों के साथ बैठक कर विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली वनवासी वनमंत्री कंवर विजय शाह ने कहा है कि प्रदेश के वनग्रामों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता होगी इस दिशा में सार्थक पहल की जा रही है उन्होंने कल भोपाल में अपना कार्यभार संभालने के बाद कहा कि वन वन्य प्राणी और वनवासियों को सुरक्षित रखने के लिए नये सिरे से कार्ययोजना तैयार की जायेगी और वनवासियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा वनमंत्री ने नेशनल पार्क में बसे वनवासियों का अन्य ग्रामों में पुनर्वास करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिये और कहा कि विस्थापित होने वाले लोगों को रोजगार के साथ ही बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया कराई जायें